इस चरण में बीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के इंक्यानवे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा छत्तीसगढ़ के पहले चरण के तहत एक सीट के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई है वहीं कल तीन सीटों के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी इसके साथ ही पहले चरण में बस्तर सीट के लिए आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है पहले चरण के लिए प्रत्याशी नामांकन पत्र शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में सुबह ग्यारह बजे से दोपहर तीन बजे तक दाखिल कर सकते हैं नामांकन पत्र कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक अड़तीस से प्राप्त किए जा सकते हैं नामांकन जमा करने की तिथि पच्चीस मार्च है नामांकन पत्रों की जांच छब्बीस मार्च को की जाएगी अट्ठाईस मार्च तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकते हैं दूसरे चरण के तहत कांकेर महासमुंद और राजनांदगांव के लिए कल अधिसूचना जारी होगी छब्बीस मार्च तक यहां नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और मतदान अट्ठारह अप्रैल को होगा इसके अलावा तेईस अप्रैल को होने वाले तीसरे चरण के चुनाव में सात लोकसभा क्षेत्र रायपुर बिलासपुर रायगढ़ कोरबा जांजगीर चांपा दुर्ग और सरगुजा में मतदान होगा इन सभी सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया अट्ठाईस मार्च से शुरू होगी जो चार अप्रैल तक चलेगी इस चरण के लिए पांच अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी वहीं नामांकन पत्रों की वापसी आठ अप्रैल तक हो सकेगी इन सभी ग्यारह निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना तेईस मई को होगी प्रदेश में इस बार एक करोड़ नवासी लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग इन दिनों मतदान के लिए लोगों में जन जागरूकता लाने पंचायत स्तर पर अभियान चला रहा है इसमें युवाओं के अलावा महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं इस अभियान के तहत मतदाताओं को बिना लालच और भय के मतदान करने की शपथ दिलाई जा रही है गांवों में जागरूकता रैली का भी आयोजन किया जा रहा है इसके अलावा जिला प्रशासन सार्वजनिक स्थानों और कार्यालयों में होर्डिंग्स बैनर के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य कर रहा है इधर बस्तर में पहले चरण के चुनाव को देखते हुए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम वोट जात्रा भी शुरू हो गई है इस कार्यक्रम के तहत कल जगदलपुर विकासखंड के जामावाड़ा तारागांव अजार बस्तर और मुंडागांव में महिलाओं और युवाओं ने जागरूकता रैली निकालकर मतदान करने की अपील की अवैध शराब कार्रवाई लोकसभा चुनाव की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से आबकारी विभाग द्वारा लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है इस दौरान आबकारी अधिनियम के तहत तीन सौ दो प्रकरण दर्ज किए गए हैं और दो सौ अठासी आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है इन मामलों में दो लाख इंक्यानवे हजार रूपये की करीब तेरह सौ अठासी लीटर शराब जब्त की गई है पर्रिकर अंत्येष्टि गोवा के मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का आज पणजी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ मीरामार बीच के पास अंतिम संस्कार किया गया उनका कल लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया था वे तिरसठ वर्ष के थे पर्रिकर का पार्थिव शरीर पणजी में भाजपा मुख्यालय में लाया गया जहां जनता के दर्शनार्थ कला अकादमी में उन्हें रखा गया था अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शनों के लिए लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंचे श्री पर्रिकर के सम्मान में केन्द्र सरकार राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है तथा देशभर में राष्ट्रीय ध्वज झूका रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पणजी में कला अकादमी में दिवंगत मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि दी उन्होंने स्वर्गीय पर्रिकर के परिवार के सदस्यों के प्रति संवेदना व्यक्त की प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी श्री पर्रिकर के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है

मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का दल सर्चिंग पर निकला था

उधर कोंडागांव जिले में आज एक इनामी महिला माओवादी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया मिली जानकारी के अनुसार यह महिला माओवादी वर्ष दो हजार सोलह से माओवादी गतिविधियों में सक्रिय थी

इधर बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लगाए गए विस्फोटक की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई बताया जाता है कि जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के बुरजी के जंगलों में माओवादियों ने प्रेशर बम लगाया था जिसकी चपेट में आने से गाय की मौत हो गई इसी जिले के बासागुड़ा और मद्देड़ थाना क्षेत्र से पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने दो वारंटियों को गिरफ्तार किया है इनमें से एक पर लूटपाट करने और दूसरे वारंटी पर माओवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है

सभी जिलों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है जगदलपुर में आज वाहनों की जांच के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया इस मामले में चार आरोपियों को हिरासत में लिया गया है इनमें से तीन आरोपी ओडिशा के नवरंगपुर और एक आरोपी जगदलपुर का रहने वाला है मिली जानकारी के अनुसार पुलिस वाहनों की जांच कर रही थी इसी दौरान दो वाहनों से डेटोनेटर कोरडेक्स वायर सहित फ्यूज बरामद किए गए प्रतियोगी परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में सवालों को आसान तरीके से हल करने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी अध्यापन के कार्यक्रम का प्रसारण करेगा इसका प्रसारण पच्चीस मार्च से तीस अप्रैल तक प्रतिदिन सुबह नौ बजे से दोपहर बारह बजे तक होगा इसके लिए लगभग दो सौ पचास स्टेट ट्रेनिंग सेंटर में प्रसारण का लक्ष्य रखा गया है गौरतलब है कि पीईटी और नीट प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं संभावित उत्तरों में से सही उत्तर किस प्रकार से जल्दी से हल किया जा सके इसके लिए इन प्रसारण माध्यमों से जानकारी दी जाएगी इस प्रसारण में संबंधित विषय विशेषज्ञों का चयन किया गया है जो कई वर्षो से व्यवसायिक रूप से इन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग दे रहे है और कई वर्षो से एड्सेट से प्रसारित अध्यापन में भाग ले रहे हैं हाथी मौत महासमुंद जिले में हाथी के बच्चे की महानदी में डूबने से मौत हो गई मिली जानकारी के अनुसार सिरपुर क्षेत्र के जंगलों और गांवों में लंबे समय से विचरण कर रहे हाथियों का दल बीती रात महानदी पार करने की कोशिश कर रहा था अछोला गांव के पास बने डायवर्सन से पानी छोड़े जाने की वजह से महानदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और हाथी का बच्चा नदी की धारा में बहकर डूब गया जिससे उसकी मौत हो गई वन विभाग के अनुसार हाथी के इस बच्चे का जन्म एक सप्ताह पहले ही हुआ था गौरतलब है कि दो महीने पहले भी इसी जिले के चपरीद गांव के पास हाथी के एक बच्चे की मौत हो गई थी परिवहन संघ चुनाव बस्तर परिवहन संघ के पदाधिकारियों के लिए आज वोट डाले गए सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक संघ के सदस्यों ने मतदान किया संघ में करीब इक्कीस सौ मतदाता हैं इनमें से चौदह सौ ग्यारह सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया अब से थोड़ी देर बाद मतगणना प्रारंभ होगी और देर रात तक परिणाम घोषित किए जाएंगे

वहीं मुंगेली जिले में भी करीब आधा दर्जन दुकानों में विभाग ने छापामार कार्रवाई की है

आरपीएफ ने मौके से दस ई टिकट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है